उन्होंने कहा कि सूक्ष्म लघ् और मध्यम उद्यम क्षेत्र रोजगार सुजित करने वाला प्रमुख क्षेत्र है और देश के समग्र विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है

मछली उत्पादन प्रदेश में उत्पादित मछलियों को डिब्बा बंद कर के इसके विपणन की एक योजना स्वीकृत की गई है

इससे प्रदेश में शीतलहर बढ़ गई है लाहौल स्पिति चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी किन्नौर और कुल्लू जिले के उंचाई वाले इलाकों में रूक रूक कर हिमपात हो रहा है केलंग से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि हिमपात का कम रूक रूक कर जारी है और केलंग में करीब एक फुट ताजा बर्फबारी हुई है इससे समूची घाटी में बिजली व संचार व्यवस्था प्रभावित है चंबा से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि जिले में रात से रूक रूक वर्षा हो रही है और पांगी में बर्फबारी होने से पथ परिवहन निगम की बस सेवा प्रभावित हुई है बर्फानी हवाए चलने से ठंड ने जोर पकड़ लिया है निचले जिलों मंडी व बिलासपुर सहित अन्य इलाकों में गरज के साथ जोरदार वर्षा हो रही है

अमर उजाला की सुर्खी है धर्मशाला स्टेडियम जमीन मामले में धूमल अनुराग पर मुकददमा रदद दैनिक भास्कर का शीर्षक है सुप्रीम कोर्ट ने धूमल व अनुराग के खिलाफ दर्ज एफआईआर रदद की दैनिक जागरण के शब्द हैं अनुराग के खिलाफ एफआईआर खारिज पंजाब केसरी के अनुसार स्टेडियम निर्माण के लिए जमीन पट्टे पर देने को लेकर दर्ज एफआईआर रद्द दिव्य हिमाचल लिखता है जयराम सरकार के शपथ पत्र के चलते एचपीसीए जमीन मामला सुप्रीम कोर्ट में खारिज मौसम से जुड़ी खबर पर अजीत समाचार की सुर्खी है प्रदेश की उंची चोटियों पर हिमपात

अमर उजाला के शब्द हैं पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर लाहौल का कटा संपर्क दैनिक भास्कर के अनुसार पहाड़ों पर बर्फबारी से प्रदेश ठंड की चपेट में रोहतांग में एक फुट से ज्यादा बर्फबारी दैनिक जागरण का कहना है रोहतांग दर्रे पर एक फुट बर्फबारी लाहुल में फंसे सैकड़ों वाहन

दैनिक भास्कर की एक खबर है विनीत चौधरी की स्टडी लीव रदद कोर्स को बीच में छोड़कर दी थी ज्वाइनिंग

इसी पत्र की एक अन्य खबर है आज से छह तक अतिरिक्त बसें चलाएगा एचआरटीसी

अब एक नजर संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण में लिखा है कि नशे के खिलाफ सिर्फ सरकार के प्रयास से काबू पाना संभव नहीं है लोगों को भी जागरूक होना होगा व बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने के प्रयास में सहभागी बनना होगा

नमस्कार